प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत शांति चाहता है लेकिन उकसाने पर यथोचित जवाब देने में सक्षम है भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धाजंलि देत हुए उन्होंने कहा कि देश के वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा श्री मोदी ने आज कई राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुवल मीटिंग से पहले यह टिप्पणी की बाइट हम कभी किसी को उकसाते नहीं है लेकिन हम अपने देश की अखंडता और सम्प्रभूत्ता के साथ समझौता भी नहीं करते जब भी समय आया है हमने देश की अखंडता और सम्प्रभुत्ता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया अपनी क्षमताओं को साबित किया और प्रतीक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं

इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिये भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है सोमवार रात भारत चीन सीमा क्षेत्र में दोनों पक्षों में झड़प हुई थी इस झड़प में एक अधिकारी और दो सैनिक शहीद हो गए थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है

पूर्वो लद्दाख की गलवान घाटी में हाल में हुई हिंसक झड़पों के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है

एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इन सैनिकों की मृत्यु बहुत ही परेशान करने वाली और दुःखद घटना है रक्षामंत्री ने कहा कि इन सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने कहा कि देश इनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी लददाख के गलवान एलएसी पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों की वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि दी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिये अद्म्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखा जायेगा उन्होंने मेरठ के निवासी सेना के हवलदार विपुल राय की शहादत को शत् शत् नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है

उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग फेस कवर और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के लिये कहा जन भागीदारी इस लड़ाई में बहुत आवश्यक है और अब तक जो जन नागरिकों की तरफ से जो सेवा मिली है उनकी भूमिका बड़ी प्रशंसनीय रही है हमारे पब्लिक प्लेस में हमारे दफ्तरों में मास्क या फेस कवर फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाजेशन की प्रक्रिया को बार बार लोगों को याद दिलाया इसमें किसी को लापरवाही नहीं करने देंगे हमें अपने लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि कोरोना से परास्त करने वालों की संख्या बहुत जयादा है और यह तेजी से ज्यादा से ज्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं संख्या बढ़ रही है इसलिये किसी को कोरोना हो भी गया है तो वह घबराये नहीं

कोरोना टेस्टिंग पर काफी जोर देने की आवश्यकता है जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की उनमें उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र तमिलनाडु दिल्ली गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल कर्नाटक बिहार आंध्र प्रदेश हरियाणा जम्मू और कश्मीर तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं

उन्होंने चिकित्सा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक डेडिकेटेड टीम के तौर पर कार्य करते हुए कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के सभी प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में जीत के लिये संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्साधिकारियों को अपने जनपद के चिकित्सालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि लोग कोरोना के लक्षण आने पर उसे छिपाने का प्रयास न करे बल्कि तत्काल चिकित्सकीय परामर्श करे

मृत्यु दर तीन दशमलव तीन छह प्रतिशत हा गई है

उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग के प्रोटोकाल का पालन और अन्य शर्तो क साथ राज्य के सभी सीएचसी और पीएससी तथा निजी क्लिनिंकों पर ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है

उनका यह संबोधन सुबह साढ़े छह बजे दूरदर्शन पर प्रसारित होगा इसे अन्य डिजिटल मंचों पर भी देखा जा सकेगा इस वर्ष कोरोना के चलते मुख्य ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि लोग घरों में ही अपने परिजनों के साथ योग करें योग से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसकी प्रतिरक्षण क्षमता भी बढ़ती है केंद्र सरकार ने कुछ मीडिया में प्रकाशित इस खबर का खंडन किया है कि उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढ़ातरी को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है